स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों लागू करने को लेकर विपक्ष को किसानों को बरगलाने का काम नहीं करना चाहिए

मुख्यमंत्री आज रोहतक के मेला ग्राउंड में आयोजित तीसरे कृषि शिखर सम्मेलन का उदघाटन करने के बाद किसानों व अन्य विशिष्ट अतिथियों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के माध्यम छ हजार में अधिक अधिक तालाबों से सूक्ष्म सिंचाई की योजना तैयार की जा रही है और किसान कोई भी फसल बाये उसकी भरपाई के नियम बनायें जायेंगे और किसानों को नुकसान से बचाया जायेगा केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री प्रूषोतम रूपाल ने अपने सम्बोध्न में कहा कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दूनी करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है उन्होंने इस दिशा में हरियाणा सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयायों की सराहना की और कहा कि आगामी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ ग्णा बढ़ोतरी होगी उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां गन्ने का भाव तीन सौ तीस रूपये प्रति क्विंटल है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित के लिये किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया है

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री प्रूषोतम रूपाल की उपस्थिति में केन्द्र सरकार से माग की कि पानी को राष्ट्रीय संपदा घोषित किया जाय उन्होंने कहा कि एसवाईएल के साथ साथ रेण्का लखवार व्यासी बांधों के माध्यम से पानी लाने के प्रयास किये जा रहे है शिवालिक क्षेत्रों मे छोटे छोटे बांध बना कर पानी रोकरकर सिंचाई की योजनायें बनाई जा रही है उन्होंने बताया कि आठ फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर है और चार सब्जियों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के हर शहर में किसान बाज़ार खोले जायेंगे और निजी कंपनियों के माध्यम से मत्सय उत्पादन को बढ़ावा दिया जायेगा

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केन्द्रीय रिजर्व प्लिस बल के देश में आंतरिक स्रक्षा में दिये योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इस बल की कार्यक्शलता तथा क्षमता बेजोड़ है और देश के सामने चाहे कितनी भी च्नौती हो उनका म्काबला करने हमारे केन्द्रीय रिजर्व प्लिस बल में मौजूद है वे आज ग्रूग्राम के गांव कादरप्र स्थित सीआरपीएफ ग्र्प सेंटर में उन्चांसीवी वार्षिक परेड के मौके पर उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे आज की इस वार्षिक परेड में देश के अलग अलग सेक्टरों में तैनात सीआरपीएफ की दस ट्कडिय़ों ने भाग लिया गृहमंत्री ने इन ट्कडिय़ों का निरीक्षण किया और भव्य परेड की सलामी ली गृहंमंत्री ने कहा कि इस बल के जवान गंगा नदी की सफाई में भी अपना योगदान दे रहे है इससे पहले प्रधानमंत्री दवारा चलाये गये स्चच्छता अभियान डिजीटल इंडिया अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा कैशलैस लेन देन मे भी इस बल ने अहम योगदान दिया गृहमंत्री ने बल के जवानों के लिये किये जा रहे कल्याण कार्यो का भी जिक्र किया और बताया कि सरकार द्वारा नौ सौ पैतींस बने बनाये मकानों का अलावा दस हजार एक सौ पचानवे घर तथा चौबीस बैरकों का निर्माण इस बल के जवानों के परिवारों के लिए कराया है इनकी आवासीय स्विधाओं मे और वृद्वि की जायेगी और ई टिकटिंग की व्यसवथा भी इनके लिये की गई है ताकि बल के जवान जहां भी तैनात हो उसे हवी सुविधा मिले

गृहमंत्री ने भारत के वीर पोर्टल का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस बल के वीर गति प्राप्त कर शहीद होने वाले परिवार को एक करोड़ रूपये से कम न मिले

उन्होने इस बल की विभिन्न क्षेत्रोंमें उत्कृष्ट कार्य करने वाली बटालियनों को ट्राफी भी प्रदान की

आज रोहतक के गांव भाली आनंदप्रा में समाजसेवी मास्टर राजक्मार सहारण की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद म्ख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अधिग्रहण नीति में बदलाव किया है इस नीति के तहत अब लोगों को विकास कार्यो हेत् भूमि प्रदान करने आगे आना चाहिए उन्होंने य्वाओं ब्ज्र्गो महिलाओं आदि के लिए व्यायाम हेतू सरकार ने ये नीति के तहत परम्परागत खेलों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है इस नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायाम शालायें चलाई जायेगी ताकि नागरिक स्वस्थ व तंदरूस्त बने

म्ख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार ने प्रदेश के टोहाना व अम्बाला में दो पश् चिक्ति्सा महाविद्यालय खोले है जिनमें बीएलडीए को प्रशिक्षण दिया जायेगा उन्होंने कहा कि पश् अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने यह सार्थक प्रयास है आज रोहतक के गांव माली में आनंदप्र में प्रतिमा अनावरण के बाद अपने सम्बोधन में ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने जर्जर स्कूल भवन को नये सिरे से बनवाने सौन्दर्यीकरण करने डी सी रेट पर भूमि उपलब्ध कराने पर भाली गद्दी खेड़ी का रास्ता बनाने व्यायाम शाला खोलने गंदे पानी की निकासी हेत् नाले का निर्माण करने की घोषणा की उन्होंने गांव भाली आनंदप्र में रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव को केद्र को भेजने की घोषणा भी की केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए य्वा पीढ़ी को संस्कार व ग्ण देने के लिए ऐसे समाजसेवी व शहीदों की प्रतिमा लगायी जाती है ताकि युवा उससे प्ररेणा ले सकें आज विश्व तपेदिक दिवस है

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने इससे संबद्ध सभी लोगों का आहवान किया कि वे टी बी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो और टीबी से किसी की मौत न हो इस लक्ष्य का हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें हरियाणा के पंचकूला स्थित नागरिक अस्पताल में आज राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रंण कार्यक्रम सेल आज विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया

श्री ग्प्ता ने लोगों को टीबी इलाज में मौजूदा तरीके पोषण प्रोत्साहन और निजी कलीनिक नर्सिंग होग कॉरपोरेट अस्पतालों के सहायोग जनता को जागरूक करने हेत् दो मोबाईल वैन को झंडी दिखाकर रवाना भी किया टी बी की सक्रिय पहचान और निशान के लिए राजीव कालोनी में रोटरी कल्ब मिटराअन द्वारा दो दिवसीय नमूना संग्रह केन्द्र भी बनाया गया

भिवानी के सामान्य अस्पताल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर सिविल सर्जन डा रणदीप पूनिया ने चेतना वैन को झंडी दिखा कर रवाना किया उन्होंने टीबी जागरूकता के लिए प्रचार सामग्री लगी विभाग की गाडिय़ों को भी रवाना किया उन्होंने बताया कि टीबी की जांच के लिए दादरी में भी सी बी नेट का स्विधा उपलबध है

कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जायेगा आकाशवाणी के सभी चैनलों के साथ साथ दूरदर्शन पर भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा द्र्गाअष्टमी का पर्व आज सभी जगहों पर श्रद्वा से मनाया जा रहा है घर घर में कंजकों की प्जा कर श्रद्वालुओं ने अपना व्रत खोला